मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला में पार्टी विधायकों के साथ एक बैठक करेंगे समझा जाता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति और पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपने पर बैठक में चर्चा की जाएगी इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और पार्टी महासचि पवन राणा भी मौजूद रहेंगे इस बीच कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के भाजपा नेताओं की बैठक कल धर्मशाला में सम्पन्न हुई जिसमें चुनावों को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई बैठक में सांसद शांता कुमार ने कहा कि विपक्ष अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और चुनाव अवसर भी है चुनौती भी बैठक में संसदीय क्षेत्र के प्रभारी कृपाल परमार ने बताया कि अगले दस दिन के भीतर हर मण्डल में कार्यशालाएं करवाई जाएंगी

बैठक में सभी विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और सांसद अनुराग ठाक्र ने पार्टी पदाधिकारियों को चुनाव में योजनाबद्व ढंग से कार्य करने की सलाह दी चुनाव सरगर्मियां प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा सभी प्रबंध किए जा रहे हैं

आयोग के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि उम्मीदवार संसदीय चुनाव क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्र में एक वाहन अपने लिए एक वाहन चुनाव एजेंट और एक अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रयोग कर सकता है प्रवक्ता ने बताया कि उम्मीदवारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले वाहनों के परमिट जिला न्यायाधीश या रिर्टनिंग अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे विज्ञापन अनमति लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी पंजीकृत राजनीतिक पार्टी संगठन संघ या प्रतियोगी उम्मीदवार द्वारा टेलीविजन चैनलों केबल नेटवर्क तथा सोशल मीडिया पर प्रसारण से पहले किसी भी राजनैतिक विज्ञापन की अनुमति मीडिया सत्यापन एवं अनुश्रवण समिति से प्राप्त करना अनिवार्य होगा राज्य स्तरीय एमसीएमसी ने कल शिमला में आयोजित बैठक में आदर्श आचार संहिता के सिद्धांतों के तहत विज्ञापनों की जांच करने का निर्णय लिया

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन राज्य ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा कल शिमला के समीप फेयरलॉन में सतत विकास लक्ष्य अवसर और चुनौतियां विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि रहे

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर जिल आज सभी समाचार पत्रों ने पार्टी प्रत्याशियों के चयन पर अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है भाजपा का यू टर्न मौजूदा सांसदों के साथ भेजे और भी नाम

दिव्य हिमाचल लिखता है भाजपा में अभी किसी का नाम फाइनल नहीं दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं हिमाचल में प्रत्याशियों की घोषणा सप्ताह बाद दिल्ली तलब किये जाएंगे प्रदेश भाजपा व कांग्रेस नेता जबकि आपका फैसला ने सवाल किया है आखिर भाजपा कोर कमेटी ने दावेदारों को क्यों नहीं दिया आवेदन का मौका